इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया था सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते है तीसरे चरण में बारह राज्यों और दो केद्र शासित प्रदेशों की एक सौ पंद्रह सीटों पर तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इस चरण में ग्रजात गोआ केरल दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्णाटक में चौदह चौदह सीटों उत्तर प्रदेश में दस छत्तीसगढ़ में सात ओडिसा में छह बिहार और पश्चिम बंगाल में पांच पांच असम में चार तथा जम्मू कश्मीर में एक सीट के लिए मतदान होगा ग्रजरात में कल नामांकन भरने के आखिरी दिन लोकसभा की छब्बीस सीटों के लिए कुल तीन सौ तेरह उम्मीदवारों ने पर्चे भरे इसके साथ ही इनकी संख्या पांच सौ तिहत्तर हो गई है केरल में लोकसभा की बीस सीटों के लिए राज्य में कुल तीन सौ तीन उम्मीदवारो ने नामांकन भरे असम में लोकसभा की चार सीटों के लिए बासठ उम्मीदवारो ने नामांकन पत्र भरे गोवा में दो निर्वाचन क्षेत्रो के लिए सोलह उम्मीदवारो ने पर्चे दाखिल किए ओडिसा में लोकसभा की छह सीटों के लिए उनहत्तर पर्चे भरे गए है जबकि बिहार में पांच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रो के लिए एक सौ चौदह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे कर्नाटक में चौदह निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीन सौ सत्रह उम्मीदवारों ने चार सौ सत्तावन पर्चे भरे इनमें एक सौ अठासी निर्दलीय उम्मीदवार है

घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि स्नातक डिग्री हासिल करने वालो को मासिक दर पर रोजगार आश्वासन भत्ते के तौर पर पाच हजार रुपए जिला रोजगार कार्यालय के जरिए से मुहैया किया जाएगा स्थानीय संसाधनो और फंड की उपलब्धता पर आधार कर पार्टी ने क्षमता विकास व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित कर बेरोजगार युवाओ को अनुदान और भत्ते देने का भी वायदा किया राजधानी ईटानगर स्थित पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ताकाम संजोय ने कहा कि पार्टी तिराप चांगलांग और लोंगडिंग जिले के लंबे समय तक लंबित पड़े अग्रवाद समस्या के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोंजेंगे जिसमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर उपायुक्त पुनर्वास पैकज पर भी काम किया जायेगा

घोषणा पत्र में आधारिक संरचना रेल और हवाई लिंक के विस्तार पर भी प्रकाश डाला गया

गुरुवार को सुरक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी स्थानीय ट्रेर्क्स द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पेयर कोर के पुलिस कर्मियों ने रोईंग टाऊन जिला मुख्यालय से तीस किलोमीटर दुर दूरदराज इलाके में बर्फ के अंदर पांच फिट अंदर दबे विमान का मलबा मिला कोहिमा स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल चिंरजित कुवंर ने एक बयान में कहा कि बिना मलबे को नुकसान पहुचाऐ उन्नीस सौ इकतालीस के विमान के कुछ वस्तु बरामद किए है

राज्यपाल ने कामना की की यह उत्सव प्रेम शांती और सांप्रदायिक सौहार्द को फैलाऐंगे

अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के बोरड़ुमसा में चुनाव रैली में श्री शाह ने कहा कि राज्य में कई अस्थिर सरकारें रही लेकिन पिछले दो साल में भाजपा ने मजबूत और स्थिर सरकार दी जो विकास कार्यो में लगी है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है पेमा खांड्र के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकरण के जरिये सरकार को लोगो तक पहुंचा दिया है उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत तेजू और पासीघाट हवाई अड़डो को कार्यशील बनाया गया है और ईटानगर के पास होलोंगी में राज्य का पहला हरित हवाई अड़डा शुरु किया गया है अरुणाचल में सड़को और राजमार्गो के विकास के लिए पचास हजार करोड़ रुपये मजूंर किये गये और अन्य राज्यों में पहला मेडिकल कॉलेज भाजपा शासन में ही बना है उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा राज्य और केंद्र में सत्ता में आई तो अरुणआचल में एम्स भी बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ ग्यारह अप्रैल को होंगे